अब समाचार विस्तार से अमित शाह भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आव्हान किया है कि पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर भारी विजय दिलाने के लिए चुनावी समर में जुट जाये श्री शाह ने कल जबलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत करोड़ों कार्यकर्ता हैं इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा ने अभी तक देश में विभिन्न चुनाव जीते हैं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के मध्यप्रदेश दौरे का जिक्र किया और कहा कि वे दिन में स्वप्न देखना बंद कर दें उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले पंद्रह सालों में राज्य में विकास के कार्य शुरू किए और अब अलग ही तस्वीर दिखायी देती है श्री शाह ने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि अब राज्य सरकार का बजट बढ़कर दो लाख करोड़ रूपए हो गया है श्री शाह ने रीवा में शहडोल और रीवा संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया इस मौके पर पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी मौजूद थे राहल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये बात दोहराई है कि मध्यप्रदेश में उनकी सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे श्री गांधी ग्वालियर संभाग के अपने दौरे पर ग्वालियर में रोड शो के बाद कल शाम फूलबाग मैदान पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश में किसान युवाओं मजदूर छोटे दुकानदारों महिलाओं के साथ ही हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है श्री गांधी ने कहा कि वह झूठे वायदे नहीं करते वह जो कहते हैं उसे प्ररा करने में विश्वास करते हैं सभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया मोदी ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा की कीमत कम करने के लिए बाजार में उपभोक्ताओं और तेल उत्पादकों के बीच भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि इससे बेहतरी के पथ पर अग्रसर वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिथिरता लाने में मदद मिलेगी नई दिल्ली में कल देश और विदेशों के गैस तथा तेल क्षेत्र के विशेषज्ञों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने भारत के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया श्री मोदी ने कहा कि उपभोक्ता देशों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण संसाधनों की भारी किल्लत सहित कई अन्य आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए तेल उत्पादक देशों के बीच सहयोग बहुत जरूरी है आचार संहिता शस्त्र आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद सुरक्षा के मददेनजर अब तक प्रदेश भर में एक लाख से अधिक शस्त्रों को थाने में जमा करवाये गये है

कार्यभार राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजीव कुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल विरोधी अभियान की सेवाएँ केन्दीय गृह मंत्रालय को सौंपी हैं श्री सिंह को केन्द्र सरकार में कार्यभार ग्रहण करने पर केन्दीय सीमा सुरक्षा बल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया जायेगा भारतीय पुलिस सेवा के एक अन्य अधिकारी संजीव शमी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल विरोधी अभियान का प्रभार दिया गया है

श्री कान्ता ने कल भोपाल में पत्रकारों को बताया कि इस शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि उनके विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है और यदि किसी प्रकरण में सजा मिल चुकी है तो इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख शपथ पत्र में करना होगा

इस बार मतदाता पर्ची में मतदान केन्द्र पहँचने का नक्शा भी उपलब्ध रहेगा पर्ची वितरण के समय बीएलओ मतदाता पर्ची की मतदाताओं से पावती प्राप्त करेगा ऐसे मतदाता जिनको मतदाता पर्ची का वितरण नहीं हो पाया उनकी सूची पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार फोटो मतदाता पर्ची किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास पाये जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी चुनाव प्रसारण समय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और मिज़ोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारण समय आवंटित कर दिए हैं

आयोग ने कहा है कि प्रसारण सुविधा आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों और छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और मिजोरम में मुख्यालयों से उपलब्ध होगी और राज्य के भीतर अन्य स्टेशनों से भी यह रिले किया जायेगा

प्रसारण की अवधि इन राज्यों में पहले चरण के चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान के दो दिन पहले तक होगी प्रसार भारती आयोग के परामर्श से प्रसारण की वास्तविक तिथि और समय निर्धारित करेगा पार्टियों के प्रसारण के अलावा प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अधिकतम दो पैनल की परिचर्चा भी आयोजित करेगा मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति पिछले महीने बढ़कर पांच दशमलव एक तीन प्रतिशत पर पहुंच गई खाद्य सामग्री के मूल्यों और पेट्रोल तथा डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हुआ है मुद्रास्फीति पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष अगस्त में चार दशमलव पांच तीन प्रतिशत और सितंबर में तीन दशमलव एक चार प्रतिशत था सरकारी तौर पर जारी किये गए आकड़ों के अनुसार सितंबर महीने में खाने पीने की वस्तुएं शून्य दशमलव दो एक प्रतिशत महंगी हुईं पांच दशमलव एक तीन फीसदी की मुद्रास्फीति दो महीनों के दौरान सबसे अधिक है नवरात्रि आज नवरात्रि का सातवां दिन है राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है भोपाल में दुर्गा पाण्डालों में मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं विराजमान हैं और बड़ी संख्या में श्रद्वालु दर्शन के लिए पहॅच रहे हैं वहीं शहर में गरबा कार्यकमों का आयोजन भी किया गया है सतना जिर्ले के मैहर में मॉ शारदा के दर्शन के लिए प्रतिदिन ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है मेला प्रभारी गौतम सोलंकी ने बताया है कि सोमवार को देशभर से आये करीब दो लाख श्रद्वालुओं ने माता के दर्शन किये अब कुछ समाचार संक्षेप में खंडवा में आज शाम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक हो रही है

पार्टी ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को भी शिकायत भेजी है